श्री मोदी ने ग्यारह से चौदह अप्रैल तक टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का किया आहवान

पटना से सात सौ तैंतालीस मामले सामने आये कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की ग्यारह से चौदह तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है ग्यारह अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और चौदह अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है

उन्होंने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया श्री मोदी ने कहा कि देश कोरोना संक्रमण की पहली लहर का शिखर काल पहले ही पार कर चुका है और इस बार संक्रमण दर पहली लहर से अधिक है श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों से संक्रमण जांच संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने कोविड उपयुक्त व्यवहार और कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया

रात्रि कर्फ्यू ही लोगों में जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त है प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड टीके से कमी से जुड़ी खबरों का खंडन किया है ट्वीट संदेशों में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार टीकों की सप्लाई पर लगातार नजर बनाये हुए है और राज्यों को जरूरत के हिसाब से टीके उपलब्ध कराये जा रहे हैं प्रदेश में कल एक लाख सात हजार इकहत्तर लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक तैंतालीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ अड़तालीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें से अड़तीस लाख तीस हजार सात सौ पैंतीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पांच लाख अड़तीस हजार छह सौ तेरह लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक नौ करोड़ चालीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है प्रदेश में कल कोविड संक्रमण के रिकार्ड एक हजार नौ सौ ग्यारह मामलों की पुष्टि हुई है एक दिन में मिलने वाले पॉजिटिव मामलों की यह इस साल की सबसे अधिक और अब तक तक दूसरी सर्वाधिक संख्या है इससे पूर्व पांच सितम्बर दो हजार बीस को एक हजार नौ सौ अठहत्तर संक्रमित मिले थे पटना से सबसे अधिक सात सौ तैंतालीस नये मामले सामने आये हैं इतनी बड़ी संख्या पूरे कोरोना काल में दूसरी बार सामने आयी है इससे पूर्व पटना में पिछले साल आठ अगस्त को आठ सौ पचास कोरोना संक्रमित मिले थे कल गया से दो सौ एक भागलपुर से एक सौ पैंतालीस और मुजफ्फरपुर से तिरानवे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तीन सौ पच्चीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ पंचानवे हो गया है स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत है राज्य में अभी सात हजार पांच सौ चार मरीजों का इलाज चल रहा है इसमें तीन हजार दो सौ पांच मरीज पटना के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच करवाने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने कहा कि जिन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आयेगी उन्हें भी कुछ दिनों तक अलग रखा जायेगा उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरे राज्यों से लोगों के लौटने का सिलसिला तेज हो गया है इसे देखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर और रोजगार के प्रबंध किये जा रहे हैं पटना जिला प्रशासन ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है जिलाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं से चैती छठ भी अपने घरों में ही मनाने की अपील की गयी है राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार समेत अन्य आरोपों के मामलों में पद से हटाये गये मुखिया और उपमुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है इसमें कहा गया है कि प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा हटाये गये ये जनप्रतिनिधि यदि चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा पद से हटाये जाने के आदेश को रद्द किये जाने की स्थिति ये दिशा निर्देश प्रभावी नहीं होंगे प्रदेश में अब तक एक हजार चार सौ पचहत्तर वार्ड में हर घर नल का जल योजना में गड़बड़ी मिली है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि संबंधित पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य समेत अन्य जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी श्री चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी डीपीआरओ और बीडीओ को आदेश जारी किया गया है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पिछले दिनों विधान सभा परिसर में हुए हंगामे के दौरान विधायकों से मारपीट करने वाले पूलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी श्री सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में वीडियो फुटेज उपलब्ध कराकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं किया जायेगा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की बसों में दिव्यांगजनों से पचास किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई किराया नहीं लिया जायेगा इससे अधिक की दूरी की यात्रा करने पर पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि इसके लिए न्यूनतम चालीस प्रतिशत दिव्यांगता को अनिवार्य किया गया है

मौसम विभाग ने पटना समेत राज्य के चौदह जिलों में बारह अप्रैल से लू चलने की आशंका जतायी है विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम जिलों में अधिकतम पारा इकतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है गर्म पछुआ हवा के तेज प्रवाह से लू की स्थिति बनेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को विशेष सावधानी बरतने और दिन के समय में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है इधर काल वैशाखी के प्रभाव से कल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सुपौल पूर्णिया कटिहार किशनगंज और मधुबनी में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है पूर्णिया के धमदाहा में इस दौरान ओलावृष्टि की भी खबर है पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली शंकर यादव को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले की एक अदालत ने डायन बताकर एक महिला की हत्या करने के लगभग दो साल पुराने एक मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास और दो दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना की स्थिति को लेकर की गयी समीक्षा बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है लॉकडाउन की जरूरत नहीं मोदी दैनिक जागरण ने इसी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है ग्यारह से टीका उत्सव दैनिक भास्कर ने पटना में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से जुड़ी खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है अखबार लिखता है पटना में आठ दिन में साढ़े चार गुना बढ़े केस प्रभात खबर की सुर्खी है छपरा के हरेन्द्र सिंह बने अमेरिका के हॉकी कोच आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अदालत द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

श्री मोदी ने ग्यारह से चौदह अप्रैल तक टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का किया आहवान

पटना से सात सौ तैंतालीस मामले सामने आये